भारत ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से उच्चायोग की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद वो अगले कदम के बारे में निर्णय लेगा इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी ने कल कल्मूषण जाधव से मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद यह तय किया जाएगा कि किस हद तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का पालन हुआ है

इस फैसले में पांकिस्तान को विएना संधि के उल्लंघन का दोषी पाया गया था और उसे आदेश दिया गया था कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जाधव से मिलने का अवसर दिया जाए प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में ऐसा लगा कि जाधव पाकिस्तान के झूठे दावों को दोहराने के लिए काफी दबाव में है कल जाधव और भारतीय दूतावास के अधिकारी के बीच मुलाकात अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पाकिस्तान के लिए बाध्यकारी आदेश के अनुसरण में हुई है

हर राष्ट्र को इससे निपटने में योगदान करना होगा

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के बाद दिल्ली घोषणा से इस दिशा में रणनीति बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने इस आयोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन के विषय पर सार्थक वार्तालाप की उम्मीद भी जताई

इस ग्रप का प्रशिक्षण इस वर्ष दिसंबर में शुरू होने की संभावना है

गौरतलब है कि अब तक महिलाए सैन्य सेवा में विभिन्न प्रतिष्ठानों का हिस्सा थीं लेकिन केवल अधिकारियों के रूप में पहली बार सैनिकों के रूप में महिलाओं को सेना में शामिल किया जाएगा वर्तमान में महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा कानूनी सिग्नल और इंजीनियरिंग विंग में अधिकारी के रूप में चयनित भूमिका के लिए भर्ती किया जाता है

जयपुर से ये रैलियां बीकानेर अलवर ड्रंगरपुर उदयपुर माउंटआबू और बाड़मेर के लिए रवाना की जाएगी इस दौरान ये गांव गांव जाकर जन जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित करेंगी

चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन परिणाम के लिए प्रथम पुरस्कार झालावाड़ को दिया जबकि दूसरा पुरस्कार बारां और तीसरा स्थान कोटा को मिला इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रघ् शर्मा ने कहा है कि बढ़ती आबादी को रोकना बहुत जरूरी है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ्र शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में प्रशासनिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और भर्ती की कार्यवाही प्रकियाधीन है डॉ शर्मा ने कल विभाग में बजट घोषणाओं की कियांविति के संबंध में हई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे चिकित्सा मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिकों के लिए जल्द ही स्थान चुनकर अग्रिम कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि अब तक एक ही सुविधा परिषद होने से प्रकरणों के निस्तारण में लंबा समय लग जाता था एमएसएमई प्रमुख सचिव ने बताया कि चारों सुविधा परिषदों का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है

बिड़ला सभागार में आयोजित होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे जबकि अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा करेंगे श्री डोटासरा ने बताया कि शिक्षक दिवस पर प्रत्येक जिले से तीन तीन शिक्षकों को तथा राज्य स्तर पर चार शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा उन्होंने बताया कि शिक्षक सम्मान के अंतर्गत इस बार जिला और ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा

मोती ड्रंगरी गणेश मंदिर से गढ गणेश मेंदिर तक आयोजित शोभायात्रा के लिए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है ये यात्रा दोपहर तीन बजे शुरू होगी जो मोतीड़ंगरी रोड सांगानेरी गेट जौहरी बाजार त्रिपोलिया बाजार छोटी चौपड़ गणगौरी बाजार और ब्रह्मपुरी से होते हुए विसर्जन स्थल तक पहुंचेगी

नागौर बूंदी और पाली सहित कई जिलों में बारिश हुई बूंदी जिले के जवाहर सागर डेम के चार गेट खोले गए हैं वहीं उदयपुर की फतहसागर झील भी कल लबालब भरने के बाद छलक गयी जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसके सभी गेट खोलने के निर्देश दिए